स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया

उन्हें उन जिलों के बारे में भी बताया गया जहां महामारी का ज्यादा प्रकोप है प्रधानमंत्री को राज्यों दवारा बढाए गए चिकित्सा ढांचे के बारे में बताया गया श्री मोदी ने निर्देश दिया कि राज्यों को चिकित्सा संबंधी ब्नियादी स्विधाओं को बढाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं संक्रमण पर नियंत्रण के त्रंत और समग्र उपाय स्निश्चित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई

श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की उन्हें रेमडेसिविर सहित दवाओं का तेजी से उत्पादन बढाने के बारे में भी बताया गया

श्री गौड़ा ने कहा कि इस आवंटन योजना से देश भर में इस महत्वपूर्ण दवा की स्चारू आपूर्ति स्निश्चित होगी उन्होंने कहा कि इससे कोविड रोगियों को इसकी खरीद में आने वाली कठिनाई को दूर करने में मदद मिलेगी श्री गौड़ा ने कहा कि इस दवा की लगातार आपूर्ति से महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत आशान्वित है कि सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के साथ विश्व व्यापार संगठन में छूट को जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है इसमें कहा गया है कि निर्माण में तेजी लाने और किफायती कोविड टीकों और आवश्यक चिकित्सा उत्पादों की समय पर उपलब्धता स्निश्चित करने के लिए छूट एक महत्वपूर्ण कदम है इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पोलैंड से एक सौ ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की खेप आज स्बह नई दिल्ली पहुंची है

वर्तमान में प्रदेश में क्ल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार आठ सौ अद्वावन हो गई है ग्रुवार को दर्ज किए गए सभी नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से बासठ लोअर दिबांग वैली से छब्बीस नामसाई से उन्नीस लोअर स्बनसिरी और पाप्मपारे से तेरह तेरह लोअर सियांग और वेस्ट कामेंग से ग्यारह ग्यारह ईस्ट सियांग से दस अंजाव चांगलांग और तवांग से नौ नौ लोहित से आठ वेस्ट सियांग से चार अपर सु्बनसिरी से छह तिराप और दिबांग वैली जिले से तीन तीन लेपारादा से दो और क्रा दादी ईस्ट कामेंग शी योमी और कामले जिले से एक एक मामले शामिल है नए मामलों में एक सौ छियालीस पॉजिटीव लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए

कारोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को स्निश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा कनटेनमेंट ज़ोन में निवास करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कनटेनमेंट ज़ोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता